मुख्यमंत्री आज केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में बोल रहे थे उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सतही लघु सिंचाई योजनाओं के मौजूदा विकास लागत के मापदंडों में संशोधन का आग्रह किया शेखावत ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि जलजीवन मिशन के कार्यान्वयन में धन का अभाव बाधा नहीं बनेगा और प्रदेश सरकार की मांगों पर सहान्मृतिपूर्वक विचार किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने आज देश के विभिन्न राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि मार्च और अप्रैल महीने की देनदारियों को पुरा करने के लिए बोर्ड को ऋण की तरंत जरूरत है उन्होंने ऋणों पर ब्याज दरों को कम करने का भी केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरकेसिंह से आग्रह किया

केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरकेसिंह ने इस मौके पर कहा कि कोरोना महामारी के कारण ऊर्जा क्षेत्र को हुई क्षति से उबारने के लिए प्रभावी और नए कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने प्रदेश सरकार को आश्वासन दिया कि उसकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा बिजली बोर्ड प्रदेश बिजली बोर्ड ने राज्य की जनता से मुख्यमंत्री रौशनी योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है बोर्ड के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना में गरीब परिवारों को बिजली का कनैक्शन प्रदान करना आसान और सस्ता बनाया गया है उन्होंने कहा कि इस योजना की बोर्ड मुख्यालय स्तर पर लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि अनलॉक की स्थिति में हमें कोरोना संकमण के संकट को देखते हुए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा सुरेश भारद्वाज आज न्यू शिमला में नैशनल डवलेपमेंट सोसायटी द्वारा कोरोना योद्वाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यकम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान समाज की सेवा और आमजन की सहायता के लिए कोरोना योद्वाओं द्वारा दिया गया योगदान सराहनीय है

श्रेष्ठ प्रदर्शन प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कायाकल्प अवार्ड की श्रेणी में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इस बार ऊना जिला को पहला स्थान मिला है ऊना के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमण कमार शर्मा ने बताया कि कायाकल्प अवार्ड से मिलने वाली राशि को जिले में मरीजों और स्टाफ को दी जाने वाली सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा

दोनों मृतक गेमुर निवासी थे ये लोग केलंग से गेमुर अपने घर जा रहे थे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि हिमालयन जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर कोरोना के परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण और अन्य सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

मुख्यमंत्री ने संस्थान द्वारा हींग और केसर की खेती के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संस्थान की पत्रिका का विमोचन भी किया उन्होंने प्रोटीन प्रसंस्करण केन्द्र का शुभारंभ करने के अलावा टिशु कल्वर इकाई व बांस की हाइटैक नर्सरी की आधारशिला भी रखी गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकूर ने कहा है कि वन संपदा हमारे प्रदेश की अमूलय परिसंपत्ति है और वनों का संरक्षण हर हाल में सुनिश्चित बनाया जाएगा वन मंत्री आज मनाली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन मंडल नाहन और राजगढ़ के अधिकारियों के साथ बाचतीत कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने वन परिक्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए रखें और वनों को नुकसान होने की किसी भी प्रकार की आशंका पर तुरंत कार्यवाही करें उन्होंने कहा कि कृष्ठ परिक्षेत्रों में वन माफिया की सकियता की शिकायतें आई हैं और ऐसे तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा वन मंत्री ने ये भी कहा कि सीमावर्ती और संवदेनशील वन परिक्षेत्रों में वन रक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर हथियार उपलब्ध करवाए जाएंगे उन्होंने वन माफिया को चेतावनी दी कि वन काटना अपराध है और इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा

उन्होंने अधिकारियों को पूल का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए

अजय शर्मा एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा ने हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया है अजय शर्मा ने आज एक बयान में इस फैसले के लिए मुख्यंत्री जयराम ठाकूर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर और परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री का आभार जताया अमित कश्यप शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने सुगम केन्द्रों में विभिन्न गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रकियाओं का सख्ती से पालन कैरने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र प्रख्यापन जमाबंदी परिवार रजिस्टर और ड्राईविंग लाइसेंस सेवाओं के लिए कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं है

उपायक्त आर के परूथी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लगे राष्टव्यापी लॉकडाउन के चलते ये कार्य मार्च में स्थेगित कर दिया गया था उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के समी उपाय करना ज़रूरी बनाया गया है साथ ही समी सर्वेकर्ताओं को आरोग्य सेतू ऐप भी डाउनलोड करना होगा मौसम प्रदेश में पिछले कूछ दिनों से कमजोर चल रहे मॉनसून में तेज़ी आने की संभावना है

इस दौरान इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है मौसम विमाग के स्थानीय निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश में फिर से सकिय हो रहा है जिसके प्रभाव से मौसम में ये बदलाव इस बीच आज राजधानी शिमला सहित ज़िले के ऊपरी हिस्सों सोलन सिरमौर मंडी और बिलासपुर आएगा ज़िला के कई हिस्सों में दोपहर बाद से रूक रूक कर वर्षा हुई इससे जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है वहीं मौसम भी काफी सुहावना हो गया है